राजमार्ग केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल प्रदेष में राजमार्ग परियोजाओं की आधारपिला रखेंगे और कुछ राजमार्गों का उद्घाटन भी करेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत नरेन्द्र सिंह तोमर प्रहलाद सिंह पटेल फग्गन सिंह कुलस्ते और जनरल वीके सिंह इस वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होंगे

यह मौजूदा सक्रिय मामलों से तीन गुना से ऊपर है स्वस्थ होने वालों की बढती दर के साथ ही देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी कम हो गया है इस समय भारत में कोविड मरीजों की मृत्यु दर एक दशमलव आठ पांच प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम में शामिल है

जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं की क्षमता भी बढाई गई है

इनमें सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह शामिल हैं

उधर खण्डवा जिले में लगातार मरीजों के रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है

वहीं दो लोगों की स्वस्थ्य होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी

सुश्री ठाक्र ने कहा कि मध्यप्रदेश के छात्र छात्राओं का अध्ययन दल पूर्वोत्तर के राज्यों में भेजा जायेगा दल वहाँ की संस्कृति परम्परा खान पान रीति रिवाज ऐतिहासिक धरोहर आदि का अध्ययन करने के साथ प्र्वोत्तर के लोगों को अपने राज्य की संस्कृति से भी परिचित करायेगा

जैव विविधता से भरपूर इन राज्यों में पर्यटन की असीम संमावनाएं है आईसीसीआर नई दिल्ली की पूर्व निदेशक डॉ नीरू मिश्रा ने समी आठ पूर्वोत्तर राज्यों की अद्भुत प्राकृतिक सुषमा और विशेषताओं पर आधारित प्रस्तुतीकरण दिया फिल्म शुटिंग टेलीविजन कार्यक्रम और फिल्मों की श्रृटिंग तथा निर्माण कार्य अब समूचे देश में श्रू किये जा सकते हैं केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि देश के कई भागों में कोरोना महामारी के चलते इस उद्योग को पूरी तरह बंद कर दिया गया था और कुछ राज्यों में आंशिक रूप से शूटिंग की अनुमति दी गई थी

फिल्म जगत ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है प्रसिद्ध फिल्म कलाकार राजीव वर्मा इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री को धन्यवाद दिया

खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने श्री राणा को बधाई एवं शमकामनाएँ दी है

उन्होंने कहा कि पद्मश्री श्री जसपाल राणा द्वारा दिये गये बेहतरीन प्रशिक्षण का नतीजा है कि मं प्र राज्य श्रृटिंग अकादमी की खिलाड़ी कु चिकी यादव मप्र की पहली ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने टोकयो ऑलम्पिक के लिये भारत का कोटा प्राप्त किया है राजगढ शहीद राजगढ़ के खुजनेर के मनीष कारपेंटर कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गये कल उनका यहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जायेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी शहादत को नमन करते हुए भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को दुःख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की

इन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है